मुख्यमंत्री प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों का महत्वपूर्ण योगदान है और राज्य सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज मंडी में आयोजित प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि व्यापारियों के सुझावों के अनुसार समय समय पर जीएसटी का सरलीकरण किया गया है और भविष्य में भी संभावित सुधारों को देखकर जरूरी सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार मंडल द्वारा सरकार के समक्ष उठाई गई समस्याओं के प्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील है उन्होंने कहा कि मार्किट फीस में भी राहत देने के प्रयास किए जाएंगे

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन से प्रदेश पुलिस और राज्य आबकारी विभाग के कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए दो दिवसीय पारस्परिक क्षमता निर्माण पहल कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के ड्रग और काइम के दक्षिण एशियाई कार्यालय नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है राज्यपाल ने हिमाचल और पड़ोसी राज्यों के युवाओं के तेजी से नशीली दवाओं के गिरफ्त मे आने पर चिंता जाहिर की उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं से उत्पन्न चुनौतियों से पूरी तरह निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश में नशा निवारण बोर्ड के रूप में देश का पहला संस्थागत तंत्र गठित किया गया है उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि राज्य ड्रग संबंधी अपराधों का पता लगाने और नशीली दवाओं को जब्त करने में बेहतरीन कार्य कर रहा है सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि शाहप्र विधानसभा क्षेत्र को विकास की बुलंदियों पर ले जाना उनका सबसे बड़ा ध्येय है आज शाहपुर में लोगों से बात करते हुए उन्होंने जनहित के कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर समय पर पूरा करने के सभी विभागाधिकारियों को निर्देश दिए गए है ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े सरवीण चौधरी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार ने गरीबों के हितों को सर्वोपरी रखकर काम किया है जायज़ा प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आगामी बजट सत्र के दृष्टिगत चल रही तैयारियों का आज शिमला स्थित विधानसभा में जायजा लिया उन्होंने अधिकारियों को सचिवालय में चल रहे सभी मुरम्मत व विकासात्मक कार्य जल्द प्रा करने के निर्देश दिए उन्होंने सभी सदस्यों से सदन के समय का सदुपयोग करने और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने का आग्रह किया

इसके बाद सत्ती ने देहलां से बडैहर सधियाणा टोबा से बसदेहड़ा मुहल्ला चौधरियां और मुहल्ला मोहंता सम्पर्क मार्गों के उन्नयन कार्य का विधिवत लोकार्पण किया इस अवसर पर एक जनसभा में सतपाल सत्ती ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से पूरी कर्तव्य निष्ठा और बिना भेदभाव के जन सेवा करने का आहवान किया सत्ती ने उनसे सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का आग्रह किया शाशुर गोम्पा लाहौल स्पीति जिले की गाहर घाटी के शाशुर गोम्पा समेत सभी बौद्ध मठो में आज विशेष पूजा अर्चना की गई इस दौरान तकनीकि शिक्षा व जनजातीय मंत्री रामलाल मारकंडा भी शरीक हुए

उन्होंने कहा कि स्नो फेस्टिवल में पूरा खर्च सामुदायिक सहयोग से लोगों द्वारा किया गया है मारकंडा ने कहा कि ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला उत्सव है आयुष्मान प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि इसके लिए शिविरों के आयोजन के अलावा पात्र परिवारों के घर घर जाकर भी ये कार्ड बनाए जा रहे हैं

सुरेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में ग्राम सभा से विधानसभा का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है ये बात भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अपने बयान में कही उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी चार नगर निगमों और फतेहपुर उपचनाव के लिए पूरी तरह तैयार है सुरेश कश्यप ने बताया कि हाल ही में दिल्ली मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक हुई जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से मौजूद रहे कश्यप ने बताया कि बैठक में ई विस्तारक योजना की प्रस्तुति दी गई जिसे पूरे देश को दिखाया गया उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल मॉडल की जमकर तारीफ हुई जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है

पुरस्कार लाहौल स्पिति ज़िला को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उत्कृष्ट ज़िलों की सूची में स्थान मिला है

बरागटा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देने के लिए पेयजल व सिंचाई योजनाएं बनाने पानी व वर्षा संग्रहण टैंक और सामुदायिक भवन व शमशानघाट निर्माण सहित जनहित के अन्य कार्यों के लिए संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों को अपने स्तर पर सक्रियता से काम करना चाहिए ये बात मुख्य सचेतक व जुब्बल कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा ने गुम्मा बाग डुमैहर व पांदली पंचायत में जनसमस्याएं सुनने के दौरान कही उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उदेश्य ग्रामसभा से लेकर विधानसभा तक जुड़े सभी प्रतिनिधियों में तालमेल बनाकर कार्यों में प्रगति लाना है